चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है

प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र की आठ सीटों इंदौर देवास उज्जैन धार मंदसौर रतलाम खंडवा और खरगौन में भी इस चरण में मतदान होगा भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता में दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव में भी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी इससे पहले श्री मोदी ने खरगोन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया

उन्होंने मतदाताओं से दल के लिये नहीं बल्कि देश के लिये वोट करने की अपील की वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने मालवा निमाड़ में चुनाव प्रचार किया पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा सीट से भाजपा प्रत्याशी नंदकुमार सिंह चौहान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह और कई भाजपा नेताओं तथा अन्य पार्टी प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी इन सीटों के लिये चुनाव प्रचार किया

अब प्रत्याशी सिर्फ घर घर जाकर संपर्क कर सकेंगे इस चरण में खंडवा प्रमुख लोकसभा क्षेत्र है यहां भाजपा और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है नंदकुमार सिंह चौहान भाजपा से और कांग्रेस से अरुण यादव चुनाव मैदान में हैं श्री चौहान यहां से पिछला चुनाव भी जीते थे उन्होंने श्री यादव को ही हराया था इस चरण में सबकी नजरें जिस अन्य सीट पर टिकीं हैं वह इंदौर है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के नाम से पहचान रखने वाली इस सीट पर इस बार भाजपा ने शंकर लालवानी को उतारा है वे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं उनका सामना कांग्रेस के पंकज संघवी से हो रहा है वहीं रतलाम संसदीय क्षेत्र से मौजूदा कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया की प्रतिष्ठा दांव पर है उनका सामना भाजपा के पूर्व विधायक गुमान सिंह डामोर से हो रहा है मालवांचल की उज्जैन संसदीय सीट से भाजपा के अनिल फिरोजिया कांग्रेस के बाबूराम मालवीय का सामना कर रहे हैं दोनों पूर्व में विधायक रह चुके हैं उज्जैन से सटी देवास सीट पर भाजपा के महेंद्र सोलंकी कांग्रेस के उम्मीदवार और प्रसिद्ध लोक गायक प्रहलाद टिपानिया को चुनौती दे रहे हैं ये दोनों उम्मीदवार नये हैं और पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं मंदसौर संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की उम्मीदवार हैं वे भाजपा के मौजूदा सांसद सुधीर गुप्ता का सामना कर रही हैं वहीं धार संसदीय क्षेत्र से भाजपा के पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार का मुकाबला कांग्रेस के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे दिनेश गिरवाल से है खरगोन संसदीय क्षेत्र से भाजपा के गजेंद्र पटेल और कांग्रेस के डॉ गोविंद मुजाल्दा में मुकाबला है ये दोनों पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं

मतदान दल ईव्हीएम वीवीपैट और अन्य सामग्री लेकर कल सुबह अपने अपने मतदान केन्द्रों के लिए रवाना होंगे मतदान की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले ने आकाशवाणी को बताया कि

वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज एक ट्विट करते हुए बताया कि सुश्री ठाक्र और दो अन्य भाजपा नेताओं के इस तरह के बयानों का पार्टी से कोई संबंध नहीं है इन बयानों को पार्टी ने गंभीरता से लेते हुए भाजपा नेताओं के तीनों बयानों को अनुशासन समिति को भेजने का निर्णय लिया है अनुशासन समिति इन नेताओं से जवाब मांगकर उसकी रिपोर्ट दस दिनों के अंदर पार्टी को देगी गौरतलब है कि प्रज्ञा ठाकुर के अलावा अनंत कुमार हेगड़े और नलिन कटील ने भी इसी तरह के बयान दिये थे भाजपा ने मीडिया संपर्क विभाग के प्रदेश संयोजक अनिल सौमित्र को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने यह कार्यवाही श्री सौमित्र द्वारा सोशल मीडिया पर की गई कथित रूप से विवादास्पद टिप्पणी के बाद की पूरक परीक्षा इस वर्ष की हाई स्कूल और हायर सेकण्ड्री की परीक्षा में पूरक यानि सप्लीमेंट्री की पात्रता वाले विद्यार्थी आज से आवेदन कर सकेंगे इसी प्रकार हायर सेकण्ड्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम के द्वितीय अवसर के लिये भी आवेदन आज से ही किये जा सकेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल की विज्ञप्ति के अनुसार इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा के परिणाम बेस्ट फाइव पद्धति के अनुसार घोषित किये गये हैं इसके तहत एक विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी उसी सत्र की पूरक परीक्षा में सम्मलित हो सकेगा

उल्लेखनीय है कि हाई स्कूल परीक्षा में दो और हायर सेकण्ड्री की परीक्षा में एक विषय में पूरक की पात्रता प्रदान की गई है हायर सेकण्ड्री के सभी विषयों की पूरक परीक्षा तीन जुलाई और हाई स्कूल की पूरक परीक्षा चार जुलाई से होगी बुद्ध पूर्णिमा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुद्धपूर्णिमा की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध प्रमुख आध्यात्मिक महापुरूषों में से एक हैं जिन्होंने सत्य अहिंसा और प्रेम का संदेश पूरी दुनिया को दिया जो निरंतर मानवता की प्रेरणा देता है उन्होंने लोगों को भगवान बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात करने का आह्वान किया विमला वर्मा निधन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री विमला वर्मा का अंतिम संस्कार आज सिवनी में किया गया लम्बे समय से बीमार चल रही श्रीमति वर्मा का निधन सिवनी जिला अस्पताल में हो गया था

मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई नेताओं ने श्रीमति वर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है